यह कटौती इन दोनों ईंधनों की कीमतों में केंद्र की ओर से की गई ढाई रुपये प्रति लीटर के अलावा है इस प्रकार अब उत्तर प्रदेशमध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र गोआ हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और असम में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पांच रुपये प्रति लीटर कम हो गई है वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कल लोगों को राहत देते हुए ईंधन की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की थी श्री जेटली ने कहा कि सरकार सभी राज्यों को पत्र लिख कर पेट्रोल और डीजल पर अपने टैक्स में कटौती करने के लिए कहेगा श्री जेटली ने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकारों भी केंद्र की तर्ज पर ईंधन पर राज्य स्तरीय कर घटाएंगी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी के शासन वाले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया है कि पेट्रोल और डीजल पर टेक्स में ढाई रुपये प्रति लीटर की कटौती करें केंद्र सरकार ने कहा है कि पोलियो वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और कारगर है तथा सभी माता पिता को अपने बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिकारिक विज्ञप्ति में कहा है कि हाल में ऎसी अफवाह फैलाई जा रही थी कि पोलियो की खुराक में वायरस पाया गया है और पांच वर्ष तक के बच्चों को यह खुराक न दी जाए इससे पहले मीडिया में किसी एक कंपनी की पोलियो खुराक मानक गुणवत्ता के अनुरुप नहीं पाए जाने की खबर आई थी मंत्रालय ने कहा कि इस कंपनी की दवा का उपयोग रोक दिया गया है और इसके सभी उपलब्ध स्टॉक हटा लिया गए हैं अन्य कंपनियों की पोलियो रोधी दवा परीक्षण और मानक स्तर की पाई जाने के बाद उपयोग में लाई जा रही है केंद्र सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श से यह सुनिश्चित करने के हर संभव उपाय किए है कि इस्तेमाल की जा रही पोलियो वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और कारगर हो

यात्रा के दौरान राज्यपाल ने राज्य के एक मात्र सैनिक स्कूल के छात्रों और सदस्यों के साथ बातचीत की राज्यपाल के प्रछने पर छात्रों ने कहा कि सभी छात्रों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होना चाहते है उन्होंने छात्रों से भविष्य में चुनौतियों का सामना करने राष्ट्रवाद उच्च नैतिक चरित्र और छात्रों के बीच मिलकर काम करने के लिए खुद को तैयार करने को कहा ग्रवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर स्थायी खंड दूर्गा पुजा के चलते पंद्रह से तीस अक्टूबर तक बंद रहेगी जबकि रजिस्ट्री का कार्यालय पंद्र बीस बाईस छब्बीस उनतीस और तीस अक्टुबर को खुला रहेगा और कर्मचारी आंतरिक रोस्टर व्यवस्था के अनुसार कार्यालय में उपस्थित रहेंगे प्रोफेसर साकते कुशवाह ने गुरुवार से आर जी यू के कुलपति का पदभार संभाल लिया है विश्वविद्यालय के छात्र संघ कर्मचारी संघ शोध विद्वानों संगठन और शिक्षकों के संगठन ने आर जी यू के प्रशासनिक ब्लॉक गेट में नए कुलपति का उत्साहजनक स्वागत किया प्रोफेसर कुशवाह ने कहा है कि अगले पांच साल फलदायी होंगे और कोई शिक्षक या छात्र अपने कार्यकाल के दौरान पीड़ित नहीं होगा शिक्षामंत्री होनचुन ङानदाम ने कल वेस्ट कामेंग जिले में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज तामथ्रंग में राष्ट्रीय शिक्षक तकनीकी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खाण्डु के तहत राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र को गंभीरता से लेते हुए कई बदलाव किए गए है उन्होंने कहा इस तरह की कार्यशालाएं महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संस्थानों से संबंधित मुद्दों के समाधान करने का सही मंच प्रदान करता है जिसमें पास आउट छात्रों के लिए नौकरियों की नियुक्ति शामिल है